रांची के गेतलसूद जलाशय में एक सौ मेगावाट क्षमता का लगेगा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को दी स्वीकृति कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

आपको बता दें कि कल वित्त मंत्रालय ने लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाली दरों में कटौति की घोषणा की थी

इस संबंध में कल केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की और कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया राज्यों से कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित समीक्षा करें ताकि उनकी टीकाकरण क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सके समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हई कि टीके की बर्बादी एक प्रतिशत से भी कम रखी जाए और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाए साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि वैक्सीन का इस्तेमाल शीघ्र कर लिया जाए ताकि इसकी समयावधि समाप्त होने से पहले ही यह इस्तेमाल में आ जाए बैठक में डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के भंडारण में कोई समस्या नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें

इन दिशा निर्देशों का मुख्य जोर महामारी की रोकथाम में मिली बड़ी सफलता को और मजबूत करना है

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड संबंधी एहतियातों का पालन करें और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जाए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक सभी विभागों को बायोमेट्रिक डिवाइस से हाजिरी बनाने के नियम में छूट दी है अब कर्मियों को पुरानी व्यवस्था के तहत रजिस्टर पर ही हाजिरी बनानी होगी यह निर्णय कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है वर्तमान में देशभर में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है इस दौरान कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं झारखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसलिए सरकार ने त्योहारों को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं केंद्र सरकार ने आधार संख्या को पैन नम्बर के साथ जोड़ने की अंतिम सीमा आगामी तीस जून तक के लिए बढ़ा दी है

योजना सह वित्त विभाग ने बजट संबंधित अधिनियम को गजट में प्रकाशित भी कर दिया है

प्रावधान की गयी राशि की स्वीकृति तथा आवंटन का आदेश ऑनलाइन किया जायेगा जो राशि निकासी होगी इसकी जानकारी भी वित्त विभाग को देनी होगी योजना सह वित्त सचिव हिमानी पांडेय ने गजट प्रकाशन की सूचना सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव व सभी विभागाध्यक्षों को दी है

वित्त सचिव ने राशि व्यय करते समय विभाग के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कल झारखंड राज्य न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन के प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने वादों का शीघ्र निबटारा करने की दिशा में हमेशा प्रयासरत रहें उन्होंने कहा कि मामले की बेहतर तरीके से समीक्षा करें ताकि लोगों के साथ अन्याय न हो राज्यपाल ने कहा कि आप सभी अपने विवेक से झारखंड राज्य के लोगों के साथ न्याय करें इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह एवं झारखंड न्यायिक अकादमी के निदेशक भी मौजूद थे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में कल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से एक शिष्टमंडल ने राज भवन में मुलाकात की मौके पर शिष्टमंडल ने राज्यपाल को बताया कि राज्य सरकार लैंड बैंक और लैंड पूल के नाम पर सीएनटी औरएसपीटी कानून को तोड़ने का प्रयास कर रही है इस कानून के लिए टीएसी की सहमति लेनी आवश्यक थी जो नहीं ली गयी राज्यपाल को शिष्टमंडल ने इस सबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा राज्य सरकार ने राज्य के जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है इसके तहत पहले चरण में रांची के गेतलसूद जलाशय में एक सौ मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दे दी है जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के स्थापित होने से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी

झारखंड में भी नवीकरणीय ऊर्जा श्रोत से विद्यत उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य कई परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है बढ़ती विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को पर्यावरण प्रबंधन के साथ पूरा करने के लिए जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित कर विद्यत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए गेतलसूद जलाशय में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है इधर वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति मधुपुर उपचुनाव सहित देश के कई राज्यों में हो रहे आम चुनाव एवं सांगठनिक विषयों पर चर्चा के लिये झामुमो विधायक दल की बैठक भी आगामी तीन अप्रैल को आहूत की गयी है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने आज से पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाए जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है इसके अलावा अंखबारों ने अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया हैं प्रभात खबर ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किए जाने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है झारखंड में शहर से गांव तक फैला संक्रमण विश्व बैंक द्वारा नए वित्त वर्ष में भारत की तरक्की संबधित रिपोर्ट को दैनिक भास्कर ने टब बॉक्स के साथ प्रकाशित किया है अखबार ने लिखा है महामारी के बावजूद दो हजार चौबीस तक पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत दैनिक जागरण ने निजी स्कूलों के कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतिमाह चार सौ पच्चीस रूपए दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले को पहले पेज पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने पदमश्री छटनी महतो को धमकी मिलने की खबर को प्राथमिकता दी है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के केंद्र के निर्देश संबंधी खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है